विधानसभा की पहले दिन की कार्यवाही आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्वांजलि देने के साथ ही दिनभर के लिये स्थगित कर दी गई विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इसे निहायत घ्रणित कार्यवाही बताया तथा सरकार से इसके खात्मे के लिये कठोर कदम उठाने का आग्रह किया

विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने कल विधानसभा में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सत्र के मद्देनजर अब तक विधानसभा सचिवालय में करीब सात सौ सत्ताइस प्रश्नों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं ध्यानाकर्षण की एक सौ सड़सठ स्थगन की आठ शून्यकाल की चौसठ और तीन अन्य याचिकायें प्राप्त हुई हैं

वित्तमंत्री तरूण भानोट अगले वित्तवर्ष के शुरूआती चार महीनों का खर्च चलाने के लिए यह लेखानुदान पेश करेंगे उम्मीद् की जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा बजट किसानों के लिए दिया जायेगा इसका अलावा युवाओं और कर्मचारियों के लिए भी कुछ जरूरी प्रावधान किये जा सकते है इसके साथ ही आज तीसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है जो करीब चार हजार करोड़ रूपये का होगा भाजपा आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी वी एल नरसिम्हा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ा रही है श्री नरसिम्हा ने भोपाल में पत्रकारों को बताया कि मौजूदा सरकार राज्य के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ भी नहीं मिलने दे रही है

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दो महीने पहले तक मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में देश में अव्वल था लेकिन प्रदेश सरकार इस योजना के तहत दी जाने वाली अपने हिस्से की राशि नहीं दे रही है इसके चलते इस योजना का काम बंद पड़ा हुआ है उन्होंने राज्य में अपराध बढ़ने का आरोप भी लगाया इस संदर्भ में उन्होंने हाल में घटित कुछ घटनाओं का जिक्र किया भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है उन्हें कर्जमाफी के कारण अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है जम्मू कश्मीर मुठभेड जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज जारी मुठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए और सेना के एक अधिकारी सहित चार सैन्यकर्मी शहीद हो गए हैं जिले के पिंगलीना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान एक नागरिक की भी मौत की खबर है आधिकारिक जानकारी के अनुसार आतंकवादियों की पहचान करने के साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि उनका किस गुट से संबंध रहा है सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों में से एक के पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश से संबंध होने का अनुमान है सुरक्षा सुत्रों ने कहा कि रिहायशी इलाके में एक और आतंकी के छिपे होने की संभावना होने के कारण मुठभेड़ स्थल में तलाशी अभियान जारी है

स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मुकाबला मध्यप्रदेश और इंडियन रेलवे के बीच खेला जाएगा मौसम प्रदेश के मौसम में तापमान के उतार चढ़ाव का दौर जारी है अधिकांश स्थानों पर दिन में ध्रप खिलने से जहां गर्मी का असर बढ़ने लगा है वहीं रात में हवायें चलने और तापमान में कमी आने से सर्दी का अहसास बरकरार है राजधानी भोपाल में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दिन में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोत्तरी हुई वहीं शाम होते होते हल्की सर्दी भी पड़ रही है मौसम विभाग के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव का दौर अभी कुछ दिनों तक चलेगा और यह बदलाव राजस्थान पर बने चक्रवात के उत्तरप्रदेश की तरफ खिसकने से हो रहा है मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर बादल छाये रहने और हवाओं का रुख बदलने से कई जगहों पर तापमान बढ़ने का अनुमान जताया है